मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रटि या फर्जी मतदाताओं के नाम होने की कोई गुजाइश नहीं है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री रावत ने कहा कि मतदाता सूची के बारे में बोगस वोटर होने की कोई संभावना नहीं है उन्होंने स्वीकार किया कि डुप्लीकेट वोटर हो सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से वेरीफिकेशन के बाद हटाने का काम तेजी से चल रहा है उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव होना है वहां ये काम चुनाव से पहले पूरा करा लिये जाते हैं श्री रावत ने कहा कि ऐसी शिकायतों के लिए कमीशन खुद ही कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता न्यायालय कमलनाथ सर्वोच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिकायें खारिज कर दीं इन याचिकाओं में मध्यप्रदेश और राजस्थान में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायत करते हुए समीक्षा की मांग की गई थी न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सीकरी और अशोक भूषण की खण्डपीठ ने मतदाता सूचियों को टैक्ट प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग भी दुकरा दी गौरतलब है कि अदालत ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था अदालत ने चुनाव आयोग की दलील को सही मोनते हुए इन याचिकाओं को खारिज कर दिया चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि मतदाता सूचियों में जनवरी से लेकर मई तक समय समय पर संशोधन कर उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है इस फैसले पर प्रतिकिया देते हुए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास कर सवाल खड़े करते रही है इस फैसले से कांग्रेस को सबक लेना चाहिये चुनाव कार्यशाला राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने कहा है कि स्थानीय निर्वाचन की चुनौतियां किसी भी मायने में अन्य चुनाव से कम नहीं हैं

श्री परश्राम ने कहा कि सुनियोजित प्लानिंग से आगामी निर्वाचन की चुनौतियों का सहजता से सामना किया जा सकेगा उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से सलाह ली जा रही है हथियार जब्त पुलिस ने सिवनी छिंदवाड़ा सीमा पर आज सुबह एक क्विंटल से ज्यादा चाँदी जब्त की है इसका बाजार मूल्य बयालीस लाख रुपये आंका गया है इस चाँदी को जीएसटी विभाग को सौंप दिया गया है इसके अलावा राजगढ़ से दो पिस्तौल तथा पन्द्रह लाख रुपये के नकली नोटों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में तीन सौ इक्कीस अवैध हथियार जब्त किये गये है और तिरेसठ हजार पांच सौ दस लायसेंसी शस्त्र थानो में जमा कराये गये हैं श्री राव ने कल भोपाल में बताया कि इस दौरान तीन हजार आठ सौ चौहत्तर गैर जमानती वारण्ट भी तामील कराये गये हैं वहीं आठ हजार सात सौ पन्द्रह लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है जन आशीर्वाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा सीहोर जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों में पहंची यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिले के आष्टा विधानसभा क्षेत्र के मेहतवाड़ा से की बाद में उनकी यात्रा जावरा होते हुए आष्टा नगर पहुंची जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया इसके अलावा श्री चौहान ने अमलाहा और नापलाखेड़ी सभा को संबोधित किया इस दौरान कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया

न्यूज चैनल मानीटरिंग राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव के दौरान मीडिया मॉनीटरिंग और सर्टिफिकेशन कमेटी के कक्ष में न्यूज चैनलों की चौबीस घण्टे मॉनीटरिंग की जायेगी इसके लिए जनसंपर्क विभाग के एक अपर संचालक को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है साथ ही इस कार्य में सहयोग के लिए जनसंपर्क के ही साठ अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम भी बनाई गई है साथ ही कमेटी ने इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजने का काम शुरू कर दिया है

इसके तहत उनके समाधिस्थल पर श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्य शासन मे कैबिनेट मंत्री यशोधराराजे सिंधिया मौजूद थीं राजमाता सिंधिया की याद में आज से ही ग्वालियर में मैराथन दौड़ की शुरुआत भी हो रही है जो सोलह अक्टूबर चलेगी इस मैराथन में देशभर के डेढ़ सौ धावक शामिल हो रहे है और यह पांच राज्यों से होकर गुजरेगी जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजनों का समापन सोलह अक्टूबर को होगा

भाजपा ने किसानो से वादा किया था कि उनको लागत के अलावा पचास फीसदी समर्थन मूल्य दिया जायेगा लेकिन उन्होंने अपने अन्य वादों की तरह इसे भी पूरा नही किया सुरजेवाला ने केन्द्र राज्यों की सरकार पर अन्य मसलों को लेकर भी आरोप लगाया

राजधानी भोपाल में अनेक स्थानों पर पण्डालों को विशेष रूप से सजाया गया है साथ ही गरबा महोत्सव की भी श्रूआत हो गई है राजभवन में भी नवरात्रि के उपलक्ष्य में तीन दिवसीय गरबा महोत्सव आयोजित किया गया है भोपाल के संस्कृति विभाग द्वारा शक्ति की महिमा पर केन्द्रित तीन दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का आयोजन आज से जनजातीय संग्रहालय में शुरू हो गया है इस कार्यकम में देश के ख्यातिप्राप्त कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करे रहे हैं

मुख्य कार्यकम उनकी जन्मस्थली खण्डवा में एक शाम किशोर के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा इस मौके पर गायक आभास जोशी गीतों की प्रस्तृति देंगे इस अवसर पर किशोर कुमार की समाधिस्थल पर दूध और जलेबी का भोग लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जायेगी

मौसम तितली चकवात के चलते प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना है मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी जिलों बालाघाट शहडोल सीधी और सिंगरौली जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार व्यक्त किये हैं राज्य के शेष हिस्सो में मौसम आम तौर पर सामान्य रहेगा राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सामान्य बना रहेगा